केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन अनुज अग्रवाल ने इसकी सहमति दे दी है आज नई दिल्ली में बिलासपुर के सांसद अरूण साव ने श्री पुरी और श्री अग्रवाल से मुलाकात की इस मुलाकात के बाद केंद्रीय विमानन मंत्री ने कहा कि बिलासपुर में हवाई सेवा शुरू होते ही बिलासा एयरपोर्ट से भोपाल प्रयागराज और जबलपुर के लिए उड़ाने जल्द ही संचालित की जाएंगी इस संबंध में केंद्रीय नागर विमान मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि बिलासपुर से घरेलू विमान सेवा शुरू करने की मांग लंबे समय से चल रही थी इसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिलासपुर में उपलब्ध सुविधाओं का परीक्षण करने के बाद यहां विमान सेवा शुरू करने की अनुमति दी केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि बीते सत्ताईस जनवरी को ही बिलासपुर एयरपोर्ट के लाइसेंस को अपग्रेड किया गया है साथ ही एयरपोर्ट के बुनियादी ढांचे को भी और बेहतर बनाने के लिए उड़ान योजना के तहत करीब इकतीस करोड़ रूपये खर्च किए गए हैं केंद्रीय मंत्री बीएसपी केंद्रीय इस्पात राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते आज भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रथम ब्लास्ट फर्नेस के बासठवें वर्षगांठ समारोह में शामिल हुए इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व में इस्पात उत्पादन में द्वितीय स्थान पर पहुंच चुका है श्री कुलस्ते ने बताया कि देश में तीन सौ मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर भिलाई इस्पात संयंत्र की क्षमता में सात मिलियन टन का विस्तार किया गया है समारोह के बाद केंद्रीय राज्यमंत्री ने संयंत्र के सभी विभागों का जायजा लिया इस दौरान दुर्ग सांसद विजय बघेल भी मौजूद थे इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भिलाई इस्पात संयंत्र सदैव ही अपनी उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है लोक सेवा आयोग परीक्षा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने वर्ष दो हजार उन्नीस में आयोजित सहायक प्राध्यापक लिखित परीक्षा के संदर्भ में मिल रही शिकायतों को निराधार बताया है आयोग ने इस परीक्षा में अनुपस्थित छात्र के साक्षात्कार के लिए चिन्हांकन एक सौ पांच प्रश्नों के विलोपन और दुर्ग जिले के एक ही परीक्षा केन्द्र के लगभग अठासी अभ्यर्थियों के चिन्हांकन जैसी मिल रही शिकायतों को गलत बताया है आयोग ने कहा है कि इस परीक्षा से जुड़ी सभी शिकायतों की विस्तार से जांच कराई गई है आयोग ने बताया कि दो हजार चार सौ पचास प्रश्नों में से एक सौ पांच प्रश्नों का विलोपन विभिन्न कारणों से किया गया जो कि किसी भी आयोग या संस्था की एक सतत् प्रक्रिया है इसी तरह एक ही परीक्षा केन्द्र से अठासी अभ्यर्थियों के चिन्हांकन की बात भी पूर्ण रूप से असत्य है गौरतलब है कि वर्ष दो हजार उन्नीस में हुई इस परीक्षा का परिणाम उन्नीस जनवरी दो हजार इक्कीस को जारी किया गया था परीक्षा परिणाम आने के बाद अभ्यर्थी वीरेन्द्र कुमार पटेल ने अभ्यर्थियों का चिन्हांकन किए जाने के संबंध में आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी इस शिकायत के बाद बीते एक फरवरी को अभ्यर्थी और संबंधित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्षों के सामने पूरे प्रकरण की जांच कराई गई थी इस बीच भारतीय जनता युवा मोर्चा ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों के विरोध में आज राज्य के विभिन्न स्थानों में प्रदर्शन किया

वहीं मुंगेली जिले में भी सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानिनों को टीके लगाए जा रहे हैं पल्स पोलियो अभियान राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत प्रदेश में पैंतीस लाख से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई बीते इकतीस जनवरी को स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेशभर में बनाए गए विभिन्न बूथों में बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई थी इसके बाद छूटे हुए बच्चों को एक और दो फरवरी को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर पोलियो की दवा पिलाई पल्स पोलियो अभियान के दौरान इकतीस जनवरी को कुल तीस लाख बहत्तर हजार बच्चों को दवा पिलाई गई वहीं एक फरवरी को तीन लाख सैंतीस हजार और दो फरवरी को बयानवे हजार बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई विश्व कैंसर दिवस आज विश्व कैंसर दिवस है इस मौके पर प्रदेशभर में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है इसी कड़ी में दुर्ग में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीएस ठाकुर तथा जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर आरके खंडेलवाल के मार्गदर्शन में आज कैंसर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस दौरान डॉक्टरों की टीम ने सर्वाइकल कैंसर ब्रेस्ट कैंसर ओरल केंसर से संबंधित विषयो पर चर्चा की आज ही दाई दीदी क्लीनिक के माध्यम से भिलाई की एक आवासीय बस्ती में कैंसर मरीजों की प्राथमिक जांच की गई वहीं बलरामपुर रामानुजगंज जिले में आज कैंसर दिवस पर आई एम एण्ड आई विल की थीम पर शिविर लगाकर लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक किया गया इस दौरान जिला चिकित्सालय में निःशुल्क जांच भी की गई

यह मामला परसों तब सामने आया जब प्रार्थी ने अपने पिता के अलावा नाबालिग बहन और चार वर्षीय बेटी के गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी पुलिस ने जांच के दौरान यह पाया कि पकड़े गए आरोपियों में से एक व्यक्ति की नजर नाबालिग युवती पर थी उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया और फिर साक्ष्य मिटाने के लिए उसके पिता तथा छोटी बच्ची को मार डाला आरोपियों ने युवती को भी मृत समझकर छोड़ दिया था लेकिन परिजनों ने उसे जल्द ही अस्पताल पहुंचाया लेकिन बाद में युवती ने भी दम तोड़ दिया पुलिस पकड़े गए सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है हाथी उत्पात धमतरी जिले के तुमाबुजुर्ग गांव में इन दिनों हाथियों का दल विचरण कर रहा है वन विभाग के अनुसार बालोद और कांकेर के बाद फिर से हाथियों का दल इस क्षेत्र में दिखाई दे रहा है बीती रात हाथियों ने कुछ कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचाया वहीं गौशाला में घुसकर हाथियों ने गायों पर भी हमला कर दिया जिससे एक गाय की मौत हो गई जबकि चार अन्य मवेशी घायल हो गए हैं इस घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है घटना की सूचना मिलने के बाद पहुंची वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को हाथियों से सतर्क रहने की हिदायत दी है वन विभाग द्वारा हाथियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है वहीं महासमुंद जिले के सिरपुर क्षेत्र में भी हाथियों का उत्पात जारी है बीती रात तीन दंतैल हाथियों ने तुमगांव के पास अछरीडीह गांव में एक किसान के खलिहान में पहुंचकर करीब दो सौ कट्टा धान को नुकसान पहुंचाया है

इनमें से दस मजदूर सुकमा जिले के और दस अन्य मजदूर पड़ोसी राज्य ओडिशा के मल्कानगिरी क्षेत्र के रहने वाले हैं सुकमा जिले के कलेक्टर विनीत नंदनवार ने बताया कि ये सभी मजदूर बीते दस महीनों से कर्नाटक के एक कारखाने में बंधवा मजदूर के रूप में काम कर रहे थे काफी कोशिशों के बाद भी ये मजदूर अपने घर वापस नहीं आ पा रहे थे इसके बाद मजदूरों के परिजनों ने प्रशासन से इन्हें छुड़ाने के लिए मदद की अपील की थी बजट भाजपा प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश प्रभारी संदीप शर्मा ने बीती एक फरवरी को पेश किए गए आम बजट को सर्व स्पर्शी और विकासशील बजट बताया है उन्होंने कहा है कि इस बजट से रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे समाज के सभी वर्गों को लाभ होगा और अर्थव्यवस्था जल्द ही पटरी पर आ जाएगी रेंजर वसूली मुंगेली जिले में वन विभाग के रेंजर से करीब सवा करोड़ रूपये की कथित वसूली के मामले में पुलिस ने बिलासपुर के दो कथित पत्रकारों को गिरफ्तार किया है पुलिस के अनुसार आरोपियों ने रेंजर से करीब पंचानवे लाख रूपये वसूल कर लिए थे इसके बाद भी वे बाकी रकम को लेने के लिए रेंजर पर दबाव डाल रहे थे संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में दंतेवाड़ा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे घर वापस आइये अभियान के तहत दो इनामी सहित पांच माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि दो इनामी माओवादी भैरमगढ़ एरिया कमेटी के कमांडर हैं और इन पर पांच पांच लाख रूपये का इनाम घोषित था भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के नेतृत्व में आज रायपुर में केंद्रीय कृषि कानूनों सहित अन्य मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया गया प्रदर्शनकारियों ने राजीव भवन से लेकर राजभवन तक पैदल मार्च किया द्र्ग में जिला रोजगार और स्व रोजगार मार्गदर्शन केन्द्र के तत्वावधान में दस फरवरी को रोजगार कैम्प का आयोजन किया जाएगा इस कैम्प में भाग लेने के इच्छुक आवेदक गूगल फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं सरगुजा जिले के मैनपाट में बारह से चौदह फरवरी तक मैनपाट महोत्सव का आयोजन किया जाएगा इस महोत्सव में ख्याति प्राप्त कलाकारों के अलावा इस बार सरगुजा जिले के स्थानीय कलाकारों को भी अवसर दिया जाएगा महासमुंद जिले में यातायात विभाग द्वारा हमर पुलिस हमर संग के बैनर तले राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत ड्रायविंग लाइसेंस बनाने के लिए शिविर लगाया गया महासमुंद कलेक्टर डोमन सिंह आज हाड़ापथरा गांव में एक कार्यक्रम में हेलमेट पहनकर पहुंचे उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि हेलमेट पहनकर बाईक चलाना और यातायात नियमों का पालन करना अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक है छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामंडलम् की मुख्य परीक्षाएं पंद्रह अप्रैल से शुरू होंगी नवमीं और दसवीं कक्षा की परीक्षाएं पंद्रह अप्रैल से शुरू होकर अट्ठाईस अप्रैल तक चलेंगी

धमतरी जिले के बोरेन्दा गांव के सरपंच टुमेश्वर साहू की आज एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई यह दुर्घटना पुराने धमतरी रोड पर उस समय हुई जब तेज रफ्तार मेटाडोर ने मोटरसाइकिल पर जा रहे सरपंच को टक्कर मार दी कोंडागांव जिले के घोड़ा गांव के पास तेंद्रपत्ते से भरे ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी इससे ट्रैक्टर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई वहीं दो अन्य लोग घायल हो गए हैं रायपुर की माना बस्ती में चौक पर तैनात एक ट्रैफिक जवान को कार ने टक्कर मार दी इस दुर्घटना में ट्रैफिक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया